अल्मोड़ा में स्थानीय लोगों से की मुलाकात

हरिद्वार में गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं विगेष प्रयास

राज्यपाल मुलाकात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदे के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है आज अल्मोड़ा में स्थानीय लोगों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ि ाक्षा और सड़क हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और इन पर विर्ष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए

इस मौके पर उन्होंने सर्व प्रतिभा लोक विद्या सांस्कृतिक समिति द्वारा बनाये गये कुमाऊँनी भाषा में लिखित मातादेवी के भजनो का विमोचन किया उन्होंने कहा कि लोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह सराहनीय कदम है इससे पहले श्रीमती मौर्य ने सुबह चितई गोलज्यू देवता और जागे वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रदे ा की सुख शान्ति और खु ाहाली की कामना की समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में विकास योजनाओं को पारदर्रिता के साथ तय समय में पूरा करने को प्रदे सरकार की प्राथमिकता बताया है चमोली में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री रावत ने कहा कि तय समय के भीतर विकास परियोजनाओं को पूरा करने से आम जनता को इसका लाभ मिलेगा हाल ही में देहरादून में सम्पन्न हुए निवेक सम्मेलन को राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्दे य से आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए निवे कों ने बड़ी संख्या में अपने प्रस्ताव दिए हैं उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी लगन के साथ काम करने को कहा मुख्यमंत्री ने जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के साथ ही सड़क मार्गों को दुरस्त करने के निर्दे दिए प्रकाश पंत राज्य सरकार में भाषा मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि प्रदे की बोलियों को संरक्षित करने और उन्हें उचित स्थान देने के प्रयास किये जा रहे हैं अल्मोड़ा में हिमालय की क्षेत्रीय संकटग्रस्त भाषाएं विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में श्री पंत ने स्थानीय बोली भाषा पर अपने विचार रखे सेमीनार में भाषा विद्वानों ने संकटग्रस्त भाषाओं पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए इस मौके पर श्री पन्त ने कहा संकटग्रस्त भाषाओं को बचाने के लिए मान्यता प्राप्त भाषा संस्थान की स्थापना की गई है उन्होंने लोकभाषा एकेडमी बनाने की भी बात कही सेमिनार में शामिल हुए रूस के भाषाविद् काफी उत्साहित नजर आये उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है कृषि मेला दून देहरादून में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पशु एवं कृषि मेले में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं मेले में पशुपालन और खेती से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कृषि और पगुपालन से जुड़ी जानकारियां मिलने से किसानों को भविष्य में बेहतर लाभ की उम्मीद है मेले में उत्तराखंड के साथ ही हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के पशुपालकों ने अपने पशुओं की प्रदर्शनी लगाई है मेले में बद्री गाय गुजरात की गिर गाय पाकिस्तान की थारपारकर गाय के अलावा कई नस्लों के दुधारू पशुओं का प्रदर्शन किया गया है मेले में मेक इन इंडिया की भी झलक दिखाई दे रही है तमाम नामी कंपनियों की ओर से मावा बनाने पनीर बनाने गायों और भैंसों का दूध निकालने वाली मशीनों के साथ कई अत्याधुनिक उपकरणों के स्टाल लगाए गए हैं मेले में पशुओं की बीमारियों से लेकर उनके आहार और दवाइयों तक की जानकारी दी जा रही है इन स्टॉलों को देखने के लिए पहाड़ों से भी किसान पहुंच रहे हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से लोगों में खेतीबाड़ी और पशुपालन के प्रति रुझान बढ़ेगा कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने भी पशु और कृषि मेले की सराहना की है ीम कैब महिला स क्तिकरण और बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून मेंीम कैब को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया ीम कैब महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कैब है जिसमे महिलांए और परिवार के सदस्य सुरक्षित आवागमन कर सकते हैं यह कैब सेवा महिलाओं को सक्त करने की दिा में एक एनजीओ द्वारा शुरू की गई है एनजीओ महिलाओं को ड्राइविंग का प्र ाक्षण देकर उन्हे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा

जिले की कईं सामजिक संस्थांए और युवा बढ़ चढ़कर गंगा को स्वच्छ बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं स्पर्ष गंगा अभियान के तहत सैकड़ों युवा हर सप्ताह गंगा के घाटों पर सफाई कर गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं

ि ं ाखर पालिवाल बताते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने के बाद लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है

इस अभियान के बाद लोगों में स्वच्छता के प्रति विष जागरूकता आई है चारधाम यात्रा चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या इस वर्ष पच्चीस लाख के करीब पहुंच गई हैं इस साल सबसे ज्यादा तीर्थयात्री बदरीनाथ और केदारनाथ द नन के लिए आए हैं बदरीनाथ में जहां साढ़े नौ लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री वि ााल के द नों के लिए पहुंचे हैं वहीं केदारनाथ में भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा सात लाख तक पहुंच गया है उधर उत्तरका ी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री में भी इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्वाल पहंच रहे हैं गंगोत्री में लगभग चार लाख पच्चीस हजार और यमुनोत्री में तीन लाख अस्सी हजार से ज्यादा श्रद्दालु अभी तक धाम के द न कर चुके हैं गौरतलब है कि बरसात के मौसम के कारण चारधाम में आने वाले श्रद्दालुओं की संख्या में कमी आई थी लेकिन अब यह संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है चारधाम यात्रा सम्पन्न होने में अब लगभग एक माह का समय बचा है आमतौर पर सर्दियों के मौसम में चारों धामों के कपाट श्रद्वालुओं के द नार्थ बंद कर दिए जाते हैं शारदीय नवरात्र शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज प्रदे के विभिन्न देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा आज नौ दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानि स्कंदमाता का दिन है जो मां पार्वती का ही स्वरूप है हरिद्वार में नवरात्रों के पावन पर्व पर देवी मंदिरों में श्रद्वालु पूजा अर्चना कर रहे हैं चमोली जिले के जो ीमठ में नरसिंह मंदिर के समीप एक ऐसा शाक्तिपीठ है जहां मां दुर्गा के नौ रुपों की पूजा एक साथ की जाती है यहां की सभी मूर्तियां पाषण खंड पर बनी है चैत्र और शारदीय नवरात्रों में विष पूजा के लिये बड़ी संख्या मे श्रदालु यहां आते हैं

चम्पावत जिले के विभिन्न मन्दिरों में भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है पूर्णागिरी मन्दिर सहित ब्यांधुरा बालेश्वर और पंचेश्वर के साथ पड़ोसी देश नेपाल के सिद्ध मन्दिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्वालुओ ने दर्शन और पूजा अर्चना की इधर देहरादून में भी शारदीय नवरात्रों को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है राजधानी में विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन कर माता की अराधना की जा रही है इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है श्रद्वांजलि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉएपीजेअब्दुल कलाम की जयंती पर उनका भाव पूर्ण स्मरण किया है डॉकलाम की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने में डॉकलाम का अद्वितीय योगदान रहा है श्री रावत ने कहा कि डॉकलाम का सरल जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है

चमोली जिले के दो दिवसीय भ्रमण के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुबह गोपेश्वर से बदरीनाथ धाम पहुंचे